सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

इस बैठक में बताया गया कि अस्वपतालों में ऑक्सीजन आवश्यक दवाएं और बिस्तर सहित ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो सके इसके लिये ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा

सरकार आश्यक वस्तुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोगों द्वारा घबराहट में आवश्यक जरूरत की वस्तुओं की खरीद की चिंता दूर करने के लिए प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है आवश्यक जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के मुद्दों पर ग्राहकों के लिए एक हेल्प लाइन नंबर भी तैयार करने को कहा गया है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों को लिखे पत्र में उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आवश्यक जरूरतों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि पर प्रभावी निगरानी रखने के लिये संयुक्त दल गठित करने को भी कहा है राज्यों से कहा गया है कि वे किराने की दुकानों दवा की दुकानों और किराने के भंडारों को पाबंदियों से अलग रखें स्वास्थ्य ऑक्सीजन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में एक सौ नए अस्पतालों के पास प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता और राहत पीएम केयर्स कोष के तहत अपने ऑक्सीजन संयंत्र होंगे कोविड महामारी के दौरान आवश्यक चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा के लिए कल हई अधिकार प्राप्त समूह दो की बैठक में यह निर्णय लिया गया

टीकाकरण के प्रति लोगों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नागरिक राज्य सरकार के साथ कदम कदम से मिलाकर चल रहे हैं उन्होंने कहा कि टीकाकरण उत्सव के बाद भी सामान्य टीकाकरण सुचारू रूप से चलता रहेगा जन आंदोलन शिवप्री के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए एल शर्मा ने बढ़ती कोरोना को लेकर लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है

रूस की स्पुतनिक को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति से मंजूरी मिल गई है भारत में हरी झंडी मिलने के बाद यह तीसरी कोविड दवा है

मौसम विदर्भ क्षेत्र में बने उपरी हवा में बने चकवात की वजह से प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है इसके कारण कल आसमान में हल्के बादल छाये रहे जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आई लेकिन रात के न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई मौसम केन्द्र के अनुसार आज भी प्रदेश के ग्वालियर चंबल और उज्जैन संभाग में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बारिश हो सकती है भोपाल जबलपुर इंदौर में भी आंशिक बादल छाये रहेंगे बादल बने रहने और हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है लेकिन बादलों की वजह से रात के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है केन्द्र ऐतिहासिक स्मारक कोविड के मौजूदा हालात के मद्देनजर केन्द्र ने भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण के अधीन सभी संरक्षित स्मारकों स्थलों और संग्रहालय को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है

केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी

आई पी एल क्रिकेट में कल रात मुंबई में राजस्थान रॉयल्स ने पहली जीत दर्ज की